प्रोटेम स्पीकर गुलाब चंद कटारिया ने विधानसभा की कार्यवाही शुरु की तथा अधिसूचनाएं पढ़ी गयीं सत्र के पहले दिन आज नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलायी गयी सबसे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को विधानसभा सदस्य की शपथ दिलाई गई उन्होंने हिन्दी में शपथ ली इसके बाद उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट तथा अन्य मंत्रियों को शपथ दिलायी गयी

विधानसभा अध्यक्ष के लिए डा सी पी जोशी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया हैं नामांकन के समय श्री गहलोत श्री पायलट श्रीमती राजे और श्री राठौड़ तथा कई विधायक उनके साथ थे

बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे सहित सभी विधायकों ने भाग लिया

श्री गहलोत ने सदन में जाने से पहले पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सदन में विपक्ष अपनी आवाज उठाये लेकिन अनावश्यक राजनीति नहीं होनी चाहिए मुख्यमंत्री ने कहा कि जन घोषणा पत्र को लेकर विपक्ष दबाव बनाये ये एक अच्छी बात है अगर वे दबाव नहीं बनायेंगे तो यह जनता के साथ बेईमानी होगी उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरी ईमानदारी के साथ जनता के लिए काम करेगी

मेले का शुभारंभ विभिन्न अखाड़ों के साधु संतों की गंगा यमुना और विलुप्त सरस्वती की धाराओं में पहली डुबकी लगाने के साथ हुआ

महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है पहली बार तीन महिला पुलिस थाने स्थापित किए गए हैं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनायें दी हैं अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि भारत और विदेश के श्रद्धालु देश की अध्यात्मिक सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता के प्रत्यक्षदर्शी होंगे

उन्होंने कहा कि भारत की पश्चिमी सीमा पर बाहरी समर्थन पाने वाले आतंकी गिरोहों से कारगर तरीके से निपटने में सेना पूरी तरह सक्षम है

सेनाध्यक्ष ने सैनिकों से सोशल मीडिया इस्तेमाल करते समय बेहद चौकस रहने को कहा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सेना दिवस के अवसर पर सैनिकों और उनके परिजनों को शभकामनाएं दी हैं राष्ट्रपति ने कहा है कि हमारे सैनिक राष्ट्र का गौरव हैं और हमारी स्वतंत्रता के पहरेदार हैं उप राष्ट्रपति ने कहा है कि यह हम सब की जिम्मेदारी है कि हम भारतीय सेना का हौसला और उसके प्रति सम्मान बरकरार रखें प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि भारतवासियों को अपने सैनिकों के हौसले और बलिदान पर गर्व है सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्य वर्धन राठौड़ ने कहा है कि हमारी सेना का प्रत्येक सैनिक अद्वितीय शौर्य और असीम संकल्प का प्रतीक है और भारतीय सेना के आदर्श वाक्य को प्रदर्शित करता है प्रदेशभर में भी आज सेना दिवस मनाया गया थे जयपुर के सप्तशक्ति कमान के प्रेरणास्थल युद्धस्मारक में सेना के तीनों अंगों के बहाद्र वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई

शाले मोहम्मद ने बटन दबाकर सबसे पहले अजमेर जिले का कुर्रा खोला

उन्होंने कहा कि हज यात्रा के लिए एक टीम भी गठित की जायेगी

पुलिस महानिदेशक कपिल गर्ग ने आज बताया कि इसी तरह राजपत्रित पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर को उत्तर भारत में प्रथम घोषित किया गया है श्री गर्ग ने इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए पुलिस प्रशिक्षण से जुड़े सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है

न्यायालय ने यूपीएससी के सचिव से अदालत को यह बताने को कहा है कि क्या आयोग राज्य सरकारों द्वारा पुलिस महानिदेशकों की नियुक्ति के लिए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का पैनल तैयार करता है मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में गठित एक पीठ ने उस याचिका की सुनवाई के बाद ये आदेश दिया जिसमें उल्लेखित गया है कि यूपीएससी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की सूची तैयार नहीं करता है बल्कि यह कार्य कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा किया जाता है

मुख्यमंत्री ने अपने संवेदना संदेश में कहा कि श्री मीणा ने देश के लिए शहादत देकर अपने परिवार के साथ ही पूरे प्रदेश और देश का सिर गर्व से ऊंचा किया है

श्री मीना का कल पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा

शहर के पवित्र जलाशयों में श्रद्वालुओं ने डुबकी लगाई और दान पुण्य किया इस साल मकर संक्राति पर दान पुण्य दो दिन होने की वजह से आज सुबह से भी मन्दिरों और पवित्र सरोवरों में श्रद्वालुओं का पहुंचना जारी रहा

जालौर में नर्मदा नहर में डूबने से एक बुजुर्ग की मृत्यु हो गई

बाड़मेर जिले में आज जिला कलेक्टर और अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने स्कूलों के विद्यार्थियों से रूबरू होकर उन्हें लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी